प्रधानमंत्री ने श्री विदोदो के साथ रक्षा समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपने विचार साझा किए तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान के साथ चर्चा में नरेंद्र मोदी ने व्यापार और निवेश के साथ रक्षा आतंकवाद के विरूद्व संघर्ष सूचना प्रौद्योगिकी और नागर विमानन क्षेत्र में भी सहयोग बढाने पर चर्चा की

प्रधानमंत्री ने ब्राजोल सिंगापुर और चिली के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात कर व्यापार और निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की और उनके साथ खेल खनन प्रौद्योगिकी रक्षा और समुद्री सहयोग तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में चर्चा की

इन देशों ने इस ॅ समझौते पर पूरी तरह से अमल करने का संकल्प व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं

इस गठजोड़ को परिकल्पना नरेंद्र मोदी ने की है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने टवीटर पर बताया कि इस पहल से आपदाओं के बाद विशेष रूप से छोटे देशों की मदद की जा सकेगी

भारत सरकार इस वर्ष के आखिर तक इस नई वैश्विक पहल की शुरूआत के लिए उत्सुक है

सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को कश्यप मल्लाह कुम्हार राजभर प्रजापति समेत पिछड़े वर्ग की सत्रह जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका पर दिये गये आदेश के बाद यह फैसला किया है सरकार के प्रवक्ता के अनुसार यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के इस मामले में अन्तिम आदेश के अधीन होगी ये जातियां लम्बे समय से उन्हें अनुसूचित जाति की सूचो में शामिल करने की मांग कर रही थीं राज्य की पिछली समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी की सरकारों ने अन्य पिछड़ा वर्ग की इन सत्रह जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कराने के प्रयास किए थे जो सफल नहीं हुए

इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने आज सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की समीक्षा बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया उन्होंने मंरीजों से जिला अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में बातचीत की

श्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह और देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे श्री मोदी ने विश्वास जाहिर किया है ँ कि मन की बात के लिए लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विचारों के व्यापक आदान प्रदान की आशा है उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिये सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खूला मंच और माइ जी ओ वी खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लघु और सीमात किसानों की संख्या दो करोड़ से अधिक है उन्होंने कहा कि इन किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार कटिबद्ध है

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आयुष्मान जन आरोग्य योजना का स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना बताते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग छः करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए चयनित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को हर सम्मव स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने का निरन्तर प्रयास कर रही ह राज्य में होने वाले विधान सभा उपचुनावों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सभी दल मिलकर लड़े या अकेले लेकिन जीत भाजपा की ही होगी उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव में भी भाजपा अपने कार्यो को लेकर जनता के बीच जायेगी और सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी

यूनीसेफ के क्षेत्रीय समन्वयक सतीश कुमार न आज बताया कि इस अभियान के तहत मातु शिशु मृत्यु दर में अंकुश लगाने और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के उददेश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है अभियान के दौरान आशा बहुएं ऑगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को डोर ट्र डोर जाकर पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगाया जायेगा यूनीसेफ की मीडिया समन्वयक मिताली ने बताया कि प्रदेश के अड़तीस जिले जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित हैं जिनमें गोरखपुर और बस्ती मण्डलों के सात जिलों के छः सौ सत्रह गॉव अतिसंवेदनशील पाये गये हैं